हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद में साढ़े आठ एकड़ भूमि में चार सौ करोड़ रूपये की लागत से बनाये जाने वाले विज्ञान भवन की आधारशिला रखी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज फरीदाबाद और ग्रूग्राम के बीच इंट्रासिटी बस सेवा की शुरूआत की

गृहमंत्री ने कहा कि जब तक देश च्नौतियों का समाना करने की स्थिति में नहीं होगा तब तक वह अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पायेगा प्लिस बलों में सुधार के बारे बात करते हये उन्होंने कहा कि यह एक लंबी और सतत प्रक्रिया है और पुलिस को समय की चुनौतियों के अनुसार खुद को ढालना होगा मंत्री ने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक परिवर्तनों के लिए देश व्यापी चर्चा की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि अपराधियों को तेज़ी से दंडित करने के लिए फोरेंसिक कालेजों और विश्वविदयालयों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है गृहमंत्री ने कहा कि कैदियों के प्रति जेल कर्मियों और अधिकारियों के व्यवहार में भी बदलाव की आवश्यक्ता पर जोर दिया श्रीशाह ने कहा कि प्लिस बल को मजबूती प्रदान करने के लिए प्लिस अन्संधान और विकास ब्यूरो की महत्वपूर्ण भूमिका है

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने को चुनौती वाली इन याचिकाओं पर केन्द्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किए है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि संवैधानिक पीठ द्वारा अक्तूबर के पहले हफ्ते इस पर स्नवाई की जायेगी

प्रसंस्करण और डेयरी उदयोगों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा घोषित किए जाने वाले उपायों का उद्देश्य य्वाओं को रोज़गार के लिए कौशल हासिल करने के अलावा तेज़ी से विकास करना है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कोई भी माध्यम रेडियो की तरह शक्तिशाली नहीं है और सूचनाओं के प्रसार के संदर्भ में इसकी उचच विश्वसनीयता है श्रीजावड़ेकर नई दिल्ली में आयोजित सातवें राष्ट्रीय साम्दायिक रेडियो सम्मेमलन के दूसरे दिन बोल रहे थे सामूदायिक रेडियो की उपलब्धियों का उल्लेख करते हये उन्होंने कहा कि सामूदायिक रेडियो के दौर में भी संचार का एक महत्पपूर्ण माध्यम है और लोकतंत्र में प्रम्ख भूमिका निभा रहा है श्री जावड़ेकर ने विभिन्न सामुदायिक रेडियो चैनलो को स्थानीय लोगों को उनके समूदाय को सामाजिक सांस्कृतिक और विकासात्मक आवश्क्तयाओं के बारे में संवदेनशील बनाने में बहमूल्य योगदान देने के लिए उत्कृष्टता प्रस्कार प्रदान किए

उन्होंने बताया कि हससे अब लोगों को रोजमर्रा के कार्यो मे आसानी होगी

उन्होंने कहा कि इस विज्ञान भवन के बनने से देश प्रदेश के लोग यहां कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे जिससे यहां का और अधिक आर्थिक विकास होगा तिगांव विधानसभा में जन आर्शीवाद यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में छोटे बड़े बहत से उदयोग हैं जिनकी समस्याओं को वर्तमान राज्य सरकार ने पूरा किया है

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि आगामी तीन दिनों में भी कई जगह हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है काबिले गौर है कि हरियाणा में अभी बारिश नहीं हो रही और यम्ना नदी का जल स्तर भी सामान्य चल रहा है आज पंचकुला की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की इस वर्ष की पहली बैठक का आयोजन हआ बैठक की अध्यक्षता प्रधान आयकर आय्क्त श्री रामेश्वर सिंह ने की

बैठक में सदस्य कार्यालयों की छीमाही रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई हरियाणा विधानसभा च्नाव के लिए कैथल सीट से रॉकी मित्तल ने आज भारतीय जनता पार्टी रोहतक कार्यालय में अपना दावेदारी पत्र सौंपा